केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा आत्मनिर्भरता और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी सहित देश के विभिन्न भागों से ग़जरात के केवड़िया को जोड़ने वाली आठ रेलगाड़ियां हरी झंडी दिखाकर रवाना कीं इन रेलगाड़ियों के माध्यम से स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी तक की यात्रा और सुगम हो जाएगी इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि आज हम सबके लिए ऐतिहासिक दिन है आज एक भारत श्रेष्ठ भारत अपने सुन्दर रूप में परिलक्षित हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार देशभर से आठ रेलगाड़ियां एक साथ एक गन्तव्य से जुड़ गई हैं उन्होंने कहा कि आज भारतीय रेल का मिशन और सरदार वल्लभ भाई पटेल की परिकल्पना का समागम हुआ है श्री मोदी ने कहा कि केवड़िया के समान कोई दूसरा स्थान नहीं है और यह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध से जाना जा सकता है प्रधानमंत्री ने कहा कि केवड़िया भारत में प्रमुख पर्यटन स्थल बनकर उभर रहा है उन्होंने कहा कि दुनियाभर से पर्यटक केवड़िया आ रहे हैं और अमरीका के स्टैच्यू ऑफ़ लिबर्टी के मुकाबले केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने वालों की संख्या ज़्यादा है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए अंब स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से भी ज्यादा टूरिस्ट पहुंचने लगे हैं अपने लोकापर्ण के बाद करीब करीब पचास लाख लोग स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को देखने आ चुके हैं कोरोनो में महीनों तक सब कुछ बंद रहने के बाद अब एक बार फिर केवड़िया में आने वाले टूरिस्टों की संख्या तेजी से बढ़ रही है एक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है भविष्य में हर रोज एक लाख तक लोग केवड़िया आने लगेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि ये कनेक्टिविटी सुविधा के साथ साथ रोज़गार और स्वरोज़गार के नए अवसर भी लेकर आएगी ये रेल लाइन नर्मदा के तट पर बसे कर्नाली ओइचा और गरूडेश्वर जैसे आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को भी जोड़ेगी वाराणसी से गुजरात के केवड़िया में स्थित स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी को जोड़ने के लिए यह नई ट्रेन काशी केवड़िया महामना एक्सप्रेस के नाम से जानी जायेगी वाराणसी कैन्ट स्टेशन से संचालित होने वाली यह विशेष ट्रेन अत्याधुनिक सुविधाओं और नवीनतम तकनीक से लैस है उत्तर रेलवे के मण्डल रेल प्रबन्धक संजय त्रिपाठी ने बताया कि यह रेलगाड़ी भारत के चार राज्यों से गुजरते हुए अपने गन्तव्य तक पहुंचेगी

लोकार्पण कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर रवीन्द्र जायसवाल डॉक्टर नीलकंठ तिवारी क्षेत्रीय विधायकगण और गणमान्य लोग मौजूद थे केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा आत्मनिर्मरता और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्व है कर्नाटक के बेलगावी में कल जन सेवक समावेश कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा कि कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से देश स्वावलंबन की ओर बढ रहा है उन्होंने कहा कि समाज कल्याण के क्षेत्र में सरकार घर रसोई गैस सिलेंडर बिजली शौचालय और नल के जरिए जलापूर्ति के माध्यम से गरीब तबके का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास कर रही है श्री शाह ने जोर देकर कहा कि मोदी सरकार किसानों के प्रति समर्पित सरकार है गृहमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सक्षम नेतृत्व काफी प्रभावी साबित हुआ है देश में कोविड मृत्यु दर काफी कम रही जांच और उपचार के लिए सक्षम ढांचागत चिकित्सा सुविधाएं भी विकसित हो सकीं उन्होंने कहा कि देश में विकसित टीके की वजह से आज भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान संभव हो पाया है श्री शाह ने भरोसा दिलाया कि देश में विकसित दोनों टीके पूर्णतः सुरक्षित हैं मैं देश की जनता को विश्वास दिलाने आया हूं हमारे ही देश में बने हुए दोनों टीके पूर्णतरू सुरक्षित हैं मोदी जी ने स्वयं की निगरानी से ये पूरे टीकाकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया है कांग्रेस की बातों में मत आना जिसका नंबर आए डिसिपिलिन तरीके से टीका लगाकर अपने आप को कोरोना से मुक्त करने का काम करिएगा उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी और कोहरे के मद्देनजर सभी ज़िलाधिकारियों और ज़िला प्रमुखों को अपने ज़िलों में सड़क सुरक्षा के नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है श्री योगी कल लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के कामों की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि सभी ज़िलों में दुर्घटना बाहल्य इलाकों में सुरक्षित आवागमन के लिए प्रभावी प्रबन्ध किये जायें श्री योगी ने राज्य में कॉमन सर्विस सेन्टर की संख्या में बढ़ोत्तरी करने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि इससे आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं उनके निवास स्थान के करीब बेहतर ढंग से सुलभ हो सकेंगी जिससे न सिर्फ़ समय बल्कि धन की भी बचत होगी इसके अलावा नये कॉमन सर्विस सेन्टर शुरू होने से शहरी अर्द्वशहरी इलाकों सहित सुदूर ग्राम पंचायतों तक बड़ी संख्या में रोज़गार के अवसर भी लोगों को हासिल होंगे राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से गन्ना उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गन्ना किसानों को बुआई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उपलब्ध करायें

एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता कीः प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने लखनऊ में बताया कि टीकाकरण का कार्य भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों और योजना के अनुसार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि टीकाकरण के बारे में किसी को भी थ्रम नहीं होना चाहिए सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है और इस क्रम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा

राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर सत्तानबे दशमलव जीरो सात प्रतिशत हो गई है एम एस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ महान भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और पदम प्रस्कारों से सम्मानित उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का कल दोपहर मुंबई में उनके आवास पर निधन हो गया वह नवासी वर्ष के थे

उन्होंने अपने पिता से शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण प्राप्त किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान के निधन पर शोक व्यक्त किया है राष्ट्रपति ने कहा है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान भारतीय शास्त्रीय संगीत के शिरोमणि थे राष्ट्रपति ने कहा कि उनके निधन से संगीत की दुनिया ने ही नहीं बल्कि युवा पीढ़ी ने अपना एक संरक्षक भी खो दिया है प्रधानमंत्री ने कहा है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब के निधन से हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक स्थान रिक्त हो गया है श्री मोदी ने कहा कि मुस्तफा खान न केवल महान संगीतज्ञ और रचनाकार थे बल्कि उनकी रचनाओं ने संगीत की कई पीढ़ियों तक उसे पहंचाया है शिक्षक नेता और राज्य विधान परिषद के पूर्व सदस्य ओम प्रकाश शर्मा का शनिवार की देर रात निधन हो गया

कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां लोग घरों में कैद होने के लिए बाध्य थे वहीं एलआईसी के अभिकर्ताओं ने न सिर्फ लोगों को बीमा सुरक्षा के बारे में जागरूक किया बल्कि उन्हें ज़रूरत के अनुसार बीमा सुरक्षा लेने में भी मदद की श्रीमती पटेल ने यह बात कल राजभवन में लाइफ इन्श्योरेश कार्पोरेशन के ज़रिए आयोजित बीमा योद्वा सम्मान समारोह में कही